उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार राज्य सरकार ने परवाणू में वाहनों के प्रबंधन और कानूनी कदम उठाने के लिए अंतरिम प्रशासनिक समिति गठित की प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने पार्टी कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर लोकसभा चुनाव के लिए कार्य करने का किया आहवान

भाजपा बैठक आगामी लोकसभा चुनाव की रणनीति को लेकर सोलन जिला के बददी में आयोजित प्रदेश भाजपा कोर कमेटी की दो दिवसीय बैठक आज संपन्न हुई इस दौरान प्रदेश की चारों सीटों पर पार्टी की जीत सुनिश्चित करने सहित चुनाव संबंधी तैयारियों व रैलियों पर विचार विमर्श किया गया बैठक में प्रदेश प्रभारी मंगल पांडे प्रदेश चुनाव प्रभारी तीरथ सिंह रावत पार्टी के अध्यक्ष सतपाल सत्ती मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम क्मार ध्रमल और सांसद वीरेंद्र कश्यप भी मौजूद रहे बैठक े बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र सहित अन्य नेताओं ने एक जनसभा को भी संबोधित किया इस बीच प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि कोर कमेटी की बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों के नाम पार्टी हाईकमान द्वारा तय किए जाएंगे

समिति परवाणू में वाहनों का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के अलावा ट्रक टैंकर सहित अन्य व्यवसायिक वाहनों की आवाजाही पर भी नज़र रखेगी समिति ट्रक यूनियनों द्वारा व्यक्तिगत श्रमिकों और औद्योगिक इकाईयों को नुकसान पहंचाने का आंकलन करेगी और इसकी रिपोर्ट उच्च न्यायालय को सौंपेगी ये समिति सोलन के एडीएम की अध्यक्षता में गठित की गई है चुनाव आयोग प्रदेश की चारों लोकसभा सीटों के चुनाव के लिए राज्य चुनाव आयोग ने सभी प्रबंध कर लिए हैं

चुनाव लाहौल स्पीति लाहौल स्पीति जिला निर्वाचन अधिकारी अश्विनी कमार चौधरी ने सभी राजनितिक दलों से विभिन्न सार्वजनिक स्थानों संपति व मार्गों पर की गई लिखावट को मिटाने और होर्डिंग इश्तिहार पोस्टर बैनर हटाने के निर्देश दिए है

ऊना में आज अधिकारियों के साथ एक बैठक में उन्होंने स्वीप के अंतगर्त जागरूकता अभियान पर चर्चा की उन्होंने कहा कि स्कूलों व कॉलेजों सहित हर स्तर पर जागरूकता अभियान छेड़ा जाएगा ताकि वोट प्रतिशत बढ़ाया जा सके निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि सोशल मीडिया पर भी मतदाताओं से वोट डालने की अपील की जाएगी और इसके लिए व्यापक रणनीति बनाई जा रही है कुलदीप राठौर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने पार्टी नेताओं पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से लोकसभा चुनाव के लिए एकजुट होकर कार्य करने का आहवान किया है वे आज शिमला में कांग्रेस की जनचेतना यात्रा शुरू करने से पहले शिमला संसदीय क्षेत्र के मंडल अध्यक्षों और सचिवों की बैठक को संबोधित कर रहे थे

उन्होंने कहा कि कांगड़ा संसदीय क्षेत्र में विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में पार्टी की राज्य प्रभारी रजनी पाटिल और मंडी संसदीय क्षेत्र में पार्टी के सभी नेता यात्रा का समापन करेंगे कुलदीप राठौर ने ये भी कहा कि यात्रा के दौरान लोगों को कांग्रेस के वायदों से अवगत करवाया जाएगा चुनाव सिरमौर कुल्लु कल्लू के जिला निर्वाचन अधिकारी यून्स ने कहा है कि आदर्श आचार संहिता के दौरान बिना परमिट के किसी भी उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार प्रसार के लिए वाहनों पर पोस्टर लगाने सहित अन्य सामग्री का प्रयोग करना दंडनीय अपराध है

दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव के मध्येनज़र सिरमौर ज़िले में भी ज़िलास्तरीय व्यय निगरानी समिति का गठन किया गया है जिला निर्वाचन अधिकारी व उपायुक्त ललित जैन ने कहा है कि ये समिति चुनाव के दौरान प्रत्याशियों द्वारा किए जाने वाले खर्च पर नज़र रखेगी चुनाव कांगड़ा कांगड़ा के जिला निर्वाचन अधिकारी संदीप कुमार ने कहा है कि लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत सभी राजनितिक दलों को चुनावी रैलियों वाहनों व चुनाव प्रचार संबधी अनुमति सुविधा वैब पोर्टल के माध्यम से लेना जरूरी है

मौसम राज्य के अधिकांश भागों में आज मौसम आमतौर पर साफ बना रहा हालांकि जनजातीय क्षेत्रों सहित ऊंचाई वाले इलाकों में पिछले कल हुई बर्फबारी से ठण्ड बढ़ गई है

ये सभी उड़ाने मौसम पर निर्भर करेंगी ऋग्वेद ठाकुर मंडी के उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर ने बैंकों से कृषि व स्वरोजगार से जुड़ी गतिविधियों के लिए उदारतापूर्वक ऋण देने को कहा है वे आज मंडी में बैंकों की ज़िला सलाहकार व समीक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे

उन्होंने बैंक अधिकारियों से ज़िले में सीडी अनुपात में सुधार के लिए प्रयास करने के निर्देश भी दिए